छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच रायपुर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के पहले दिन महाराष्ट्र की टीम पहली पारी में दो सौ उनतालीस रन बनाकर ऑलआउट हो गई चौंसठवीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता राजधानी रायपुर में कल से शुरू हो रही है प्रदेश के उत्तरी इलाके में शीतलहर के हालात आने वाले क्छ दिनों तक बनी रहेगी यह स्थिति जेटली जीएसटी केंद्र सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटा दी हैं टीवी सेट टायर पावर बैंक और वीडियो गेम्स जैसी छह वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दर अट्ठाईस प्रतिशत से घटाकर अट्ठारह प्रतिशत कर दी गई है आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अट्ठाईस प्रतिशत का जीएसटी अब केवल अट्ठाईस वस्तुओं पर ही लगेगा इनमें सीमेंट वाहनों के कल पुर्जे एयर कंडीशनर और डिशवाशर जैसी विलासिता की वस्तुएं शामिल हैं वहीं विकलांग व्यक्तियों के वाहनों में लगने वाली सामग्री पर जीएसटी की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है वित्त मंत्री ने बताया कि सौ रुपये तक के सिनेमा के टिकट पर अब बारह प्रतिशत का कर लगेगा जबकि सौ रुपये से ऊपर के टिकट पर अट्ठाईस प्रतिशत की बजाय अट्ठारह प्रतिशत ही कर लगेगा वहीं इकोनॉमी श्रेणी के तीर्थयात्रियों के लिए विशेष उड़ानों पर लगने वाले कर को बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है इसके साथ ही जन धन खाता धारकों से बैंकों की सेवाओं पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा यह नई जीएसटी दरें पहली जनवरी से लागू होंगी श्री जेटली ने बताया कि अचल संपत्ति पर जीएसटी के बारे में परिषद की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के सात सदस्यीय समूह के गठन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है यह समूह कुछ राज्यों में राजस्व संग्रह के ढांचे को प्रभावित करने के कारणों की समीक्षा करने के साथ साथ राजस्व प्राप्ति के रुझान का भी अध्ययन करेगा डायरी कैलेण्डर रोक राज्य सरकार ने राजस्व और पर्यटन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों निगमों मंडलों आदि सार्वजनिक उपक्रमों में नये कैलेण्डर के लिए अलग अलग डायरी और कैलेण्डर छपवाने पर रोक लगा दी है सरकार ने सभी विभागों और शासकीय संस्थाओं को सिर्फ राजस्व विभाग द्वारा मुद्रित सरकारी डायरी कैलेण्डरों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं

परिपत्र में कहा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा शासकीय डायरी और कैलेण्डर का मुद्रण करवाया जाता है लेकिन इसके साथ ही विभिन्न विभागों निगमों और मंडलों द्वारा भी अलग अलग डायरी और कैलेण्डर छपवाये जाते हैं इस निर्देश के बाद केवल राजस्व और पर्यटन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में कैडेण्डर और डायरी छपवाने पर रोक लगा दी गई है उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के डायरी और कैलेण्डर का मुद्रण तथा प्रकाशन राजस्व विभाग से संबंधित शासकीय मुद्रणालय द्वारा किया जाता है डीजीपी बैठक राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने एक आदेश जारी करते हुए सभी पुलिस स्टाफ और अधिकारियों का अटैचमेंट खत्म करने के लिए कहा है डीजीपी ने सभी पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि मैदानी इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों के अलग अलग जगहों पर नियम विरूद्व हुए अटैचमेंट को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए उन्होंने कहा कि ऐसे अटैचमेंट से प्रदेश में पुलिसिंग का काम प्रभावित हो रहा है मुख्यमंत्री रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सुबह साढ़े दस बजे विशेष विमान से नई दिल्ली से रायपुर लौटेंगे रायपुर पहुंचने के बाद श्री बघेल हेलीकॉप्टर से जांजगीर चांपा जिले के जमगहन गांव जाएंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे इसके बाद मुख्यमंत्री राजनांदगांव जिले के मोहला मान्पर के अंतर्गत पानाबरस गांव का भी दौरा करेंगे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री कल दोपहर बाद राजधानी रायपूर लौट आएंगे रेललाइन परियोजना विरोध राजनादगांव जिले के किसानों ने आज डोंगरगढ़ से कटघोरा तक प्रस्तावित नई रेललाइन परियोजना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया इन किसानों की मांग है कि उन्हें पहले सात गुना मुआवजा दिया जाए साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें अभी तक भू अर्जन की कोई सूचना नहीं दी गई है उन्होंने कहा कि यदि रेललाइन परियोजना के शुरू होने से पहले उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो वे आंदोलन करेंगे किसानों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी रणजी ट्रॉफी नया रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच आज से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के पहले दिन महाराष्ट्र की टीम पहली पारी में दो सौ उनतालीस रनों पर ऑलआउट हो गई मेहमान टीम की ओर से राहुल त्रिपाठी ने शानदार एक सौ दो रन बनाए वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से विशाल सिंह ने उनसठ रन देकर चार विकेट लिए आज का खेल समाप्त होने तक छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में तीन विकेट के नुकसान पर तेईस रन बना लिए थे राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता चौंसठवीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता राजधानी रायपुर में कल तेईस दिसंबर से शुरू हो रही है यह प्रतियोगिता छब्बीस दिसंबर तक चलेगी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह दोपहर बारह बजे रायपुर के जेआर दानी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और रायपुर महापौर प्रमोद दुबे की अध्यक्षता में होगा इसके अंतर्गत थ्रो बॉल ड्रॉप रो बॉल जीतकुनेडो सहित विभिन्न र्खल स्पर्धाए होंगी राईस मिल कार्रवाई सरगुजा कलेक्टर सारांश मित्तल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने जिले के सोलह राईस मिल संचालकों पर कार्रवाई की है विभाग ने अनुबंध के बाद भी धान का उठाव नहीं करने के कारण इन राईस मिलरों के खिलाफ यह कदम उठाया है राईस मिलरों द्वारा मिलिंग नहीं करने के कारण खाद्य विभाग ने सोलह राईस मिलों से करीब सत्ताईस हजार क्विंटल धान जब्त किए हैं वहीं नौ राईस मिलों की बिजली भी काट दी गई है विभाग ने सभी मिल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि यदि धान की मिलिंग नहीं की जाएगी तो सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी गणेश कौशिक निधन छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गणेश कौशिक का आज निधन हो गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर कौशिक के निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर कौशिक ने राज्य में संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया मौसम प्रदेश के उत्तरी इलाके में शीतलहर चल रही है सरगुजा जशपुर और कोरिया जिलों में न्यूनतम तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है

श्री चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी इस दौरान बिलासपुर दुर्ग और बस्तर संभाग में भी न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है संक्षिप्त समाचार अत्यधिक ठंड को देखते हुए रायपुर जिले के सभी स्कूलों की सुबह लगने वाली पाली का समय साढ़े सात बजे से बढ़ाकर आठ बजे कर दिया गया है

यह व्यवस्था आगामी पंद्रह जनवरी तक लागू रहेगी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी अट्ठाईस दिसंबर ेसे दो दिवसीय स्टार्टअप उद्यमिता विकास कार्यशाला स्टार्टअप संवाद का आयोजन किया जाएगा इस कार्यशाला में इच्छुक प्रतिभागी चौबीस दिसंबर तक पंजीयन करा सकते हैं

जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड के सत्रह शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है बिना सूचना के कार्यस्थल से नदारद रहने पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की है बिलासपुर जिले के दरेकसा रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह रेललाइन का हाईवोल्टेज वाला बिजली तार दूट जाने के कारण यह मार्ग बाधित रहा इस वजह से इस मार्ग की कई ट्रेनें विलंब से चलीं मुंगेली जिले के लोरमी में बीती रात दो गुटों के बीच झड़प हो गई बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ